मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज जयप्र में होगी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक कोरोना संकमण की स्थिति और आर्थिक गतिविधियों पर होगी चर्चा मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में आज कुछ स्थानों पर दी भारी बारिश की चेतावनी

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि कृषि उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का प्रावधान करने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और देश फल सब्जियों की मांग को पूरा करने में आत्मनिर्भर बन सकेगा उन्होंने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं से कृषि आपूर्ति श्रेखला को सुचारू बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी

केन्द्र सरकार और रिज़र्व बैंक की ओर से कल इस बारे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया इसके बाद न्यायालय ने कहा कि वह महामारी के बीच रोक की अवधि के दौरान ब्याज दरों को माफ करने की याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा

स्वस्थ होने वालों की संख्या जुलाई के पहले सप्ताह के मुकाबले अगस्त के आखिरी सप्ताह में चार गुना अधिक हो गई प्रभावी तरीके से नमूनों की जांच और रोगी के सम्पर्कों का पता लगाने तथा उपचार करने से बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या भी कम हुई है

बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर समीक्षा और आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी

इसके तहत हाईवे और ढाबों पर आबकारी विभाग के दस्ते चैकिंग करेंगे

इनमें उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा हमारे संवाददाता ने बताया कि शिविरों में खराब मीटर रीडिंग गांवों में बिजली लाइनों को कसने ट्रांसफॉर्मर बिजली बिल सहित अन्य समस्याओं को सुना जाएगा

इससे पहले कल पहले दिन आर्किट्रेक्चर और प्लानिंग की बैचलर परीक्षा हई इस दौरान परीक्षार्थियों ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क ग्लव्स और फेस शील्ड पहनकर परीक्षा दी

उम्मीदवार यूपीएससी की वेबसाइट पर सूची देख सकते हैं

इससे पहले कल राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बारिश हुई

सिरोही जिले मेँ भी भी कल दिनभर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें